वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़ मुर्स्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने देशवासियों से अपील की कि वे आत्मनिर्मर भारत के माध्यम से नया भारत बनाने के लिए एकजुट होकर आगे आये प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ काम कर रही है मैं एएमयू के विशाल एल्यूमुनाय नेटवर्क को भी आह्वान करता हूं कि नए भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी और बढाएं आत्मनिर्मर भारत को सफल बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल को सफल बनाने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है इसे लेकर अगर मुझे एएमयू से सुझाव मिलें एएमयू एल्युमुनाय के सुझाव मिलें तो मुझे बहुत खुशी होगी श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय परिसर मिनी भारत की तरह है विश्वविद्यालय की विविधता न केवल इसकी बल्कि समूचे राष्ट्र की ताकत है एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है अनेकों डिपार्टमेंट्स दर्जनों हॉस्टल्स हजारों टीवर्स प्रोफेसर्स लाखों स्टूडेंट्स के बीच एक मिनी इंडिया भी नजर आता है एएमयू में भी एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिन्दी भी अरबी पढ़ाई जाती है तो यहां संस्कृत की शिक्षा का भी एक सदी पूराना संस्थान है एएमयू के कैंपस में श्एक भारत श्रेष्ठ भारतश की भावना दिनोदिन मजबूत होती रहे प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बालिकाओं की पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोडने की दर काफी अधिक थी और यह स्थिति सत्तर वर्षो तक बनी रही जो समाज के विकास में एक बड़ी समस्या थी लेकिन अब पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट सत्तर प्रतिशत से ज्यादा था वो अब घटकर तीस प्रतिशत रह गया है श्री मोदी ने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय से संबंधित शिक्षा का इतिहास भारत की अमूल्य धरोहर है और विश्वविद्यालय ने कई देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करने का काम किया है उन्होंने कहा कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने कोरोना संकट के दौरान समाज की कई प्रकार से सहायता की नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह नीति देश को प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी और इक्कीसवीं सदी के लिए प्रतिस्पर्धी बनायेगी श्री मोदी ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों से अपील की कि वे देश के स्वतंत्रता सेनानियों पर अनुसंधान करें

शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस कार्यक्रम में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए

मुख्यमंत्री आज लखनऊ के लोकभवन में अनलाक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे उन्होंने निर्देश दिया कि प्रत्येक जनपद में स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करें कि विदेश से आए लोगों की कान्टैक्ट ट्रेसिंग अनिवार्य रूप से की जाए उन्होंने इस सम्बद्ध में स्वास्थ्य विमाग को एक हेल्पलाइन नम्बर जारी करने के निर्देश दिए हैं

यदि व्यक्ति की जांच का नमूना घर से लिया जाता है तो उससे नौ सौ रुपया जांच शुल्क लिया जाए

भारत बायोटेक और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंघान परिषद आईसीएमआर द्वारा विकसित यह टीका अंतिम चरण में तेरह हजार से अधिक लोगों को दिया गया है मानव परीक्षणों के तीसरे चरण में कोवैक्सीन को देश भर के लगभग छब्बीस हजार लोगों को दिया जाएगा पहले दो चरणों में लगभग एक हजार लोगों पर वैक्सीन का परीक्षण किया गया है

पुलिस सुत्रों ने बताया कि दिल्ली की ओर जा रही एक कार ओवरटेक करने के प्रयास में आगे चल रहे टैंकर से टकरा गयी जिससे उसमें आग लग गयी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुये पीड़ितों की हर सम्भव सहायता के निर्देश दिये हैं